लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में प्रदेश की तेरह सीटों पर नामांकन प्रक्रिया जारी है भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा ये जो प्यार ये आशीर्वाद काशीवासियों ने दिये हैं मैं हृदय प्रर्वक उनका आभार व्यक्ता करता हूँ और मैं सभी मतदाताओं से प्रार्थना करूंगा कि सभी मतदाता जहाँ जहाँ चुनाव बाकी हैं सभी चरण में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से एक लोकतंत्र के उत्सव के रूप में हमारे देश के मतदाता मतदान करें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट पर श्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस के अजय राय और समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव चुनाव मैदान में हैं

इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया श्री मोदी ने रोड शो से पहले लंका पर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक पण्डित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया श्री मोदी का रोड शो लंका से शुरू होकर मदनपुरा सुनारतुला अस्सी और शिवाला इलाकों से होता हुआ दशाश्वमेघ घाट पर समाप्त हुआ

उधर आज कुशीनगर संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्रो आरपीएन सिंह और भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे ने नामांकन दाखिल किया मऊ की घोसी लोकसभा सीट के लिये निवर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी हरि नारायण राजभर सहित पांच लोगों ने नामांकन पर्चे भरे मिर्जापुर सीट से आज सात उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चे भरे जिसमें भाजपा अपना दल की संयुक्त प्रत्याशी एवं केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और कांग्रेस प्रत्याशी एव पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी शामिल ह

चन्दौली सीट के लिये छह प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किये जिसमें सपा बसपा गठबंधन के संजय चौहान और कांग्रेस समर्थित जनाधिकार पार्टी की शिवकन्या क्शवाहा भी शामिल है

इस चरण के लिये नामांकन करने की आखिरी तारीख उन्तीस अप्रैल है तीस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी दा मई तक नामांकन वापस लिये जा सकेंगे मतदान उन्नीस मई को होगा लोकसभा चुनाव के चौथे और शेष बचे चरणों के चूनाव के लिये प्रदेश में प्रचार चरम पर पहुंच गया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लखीमपुर खीरी में जनसभा में कांग्रेस और गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि केन्द्र में इस बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और विरोधियों का सफाया हो जायेगा उन्होंने लखीमपुर खीरी से पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी और निघासन विधानसभा उप चुनाव के पार्टी प्रत्याशी को जिताने की लोगों से अपील की भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में चुनावी जनसभा में कहा कि देश में लम्बे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी की नीतिया के कारण ही किसानों की हालत खराब हो गई लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन में किसानों के लिये जो नीतियां बनाई गई ह उसके सार्थक परिणाम आने शूरू हो गये हैं श्री योगी ने कांग्रेस सपा और बसपा पर राष्ट्र विरोधी तत्वों के समर्थन का आरोप लगाते हुए कहा कि श्री मोदी की सरकार में आतंकवादियों का सफाया हुआ है प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रत्याशी सत्यदेव पचौरी ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी और उनकी पार्टी के नेता मोदी सरकार से पिछले पांच सालों में किये गये कामों का हिसाब मांग रहे हैं जबकि आज देश की जनता उनसे यूपीए के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने हमीरपुर में आयोजित एक चुनावी सभा में कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों और बेरोजगारों की अनदेखी की है सरकार ने उनसे किये गये वादे पूरे नहीं किये इसी जनसभा में प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि सपा बसपा और रालोद का गठबंधन अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये बनाया गया है जो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा

उन्होंने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ उनका गठबंधन मजबूत है और उनकी पार्टी ने अपनी आधी सीटें इसीलिए छोड़ दी हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में न आ पाए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आज शाहजहांपुर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित रैली में कहा कि गरीबों दलिता और बेरोजगारों को उनका हक दिलाने के लिये उनकी पार्टी काम करेगी उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना हमारी प्राथमिकता है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

बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने कल आयोजित एक प्रेसवार्ता में परिणाम जारी करने की तिथि घोषित की यूपी बोर्ड की इस बार की परीक्षाएं सात फरवरी से शुरू होकर दो मई तक चली थी उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश इन्दु मल्होत्रा को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए आंतरिक जांच समिति का नया सदस्य नियुक्त किया गया है

प्रधान न्यायाधीश पर आरोप लगाने वाली उच्चतम न्यायालय की पूर्व कर्मचारी ने बुधवार को न्यायालय को लिखे पत्र में आपत्ति की थी कि न्यायमूर्ति रमणा प्रधान न्यायाधीश के मित्र हैं इस बीच न्यायमूर्ति एन वी रमणा ने उच्चतम न्यायालय की पूर्व महिला कर्मी के संदेह और आरोपों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया है उन्होंने कहा कि यह फैसला उन्होंने इसलिए लिया ताकि न्यायपालिका के उच्च आदर्शों और मानकों पर कोई संदेह न उठे

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मुद्दा यह है कि क्या इस फिल्म को इस वक्त प्रदर्शित किया जा सकता है उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस बार में जो फैसला किया है शीर्ष न्यायालय उसके खिलाफ कोई याचिका स्वीकार करने के हक में नहीं है